इसलिए सभी श्रोताओं से अधील है कि किसी भी तरह की कोताही न बरतें

स्रक्षित रहें और इन आसान उप्रायों का शालन करें

केंद्र टीकाकरण केन्द्र सरकार कोविड से बचाव के लिए विदेशी टीकों के आ ातकालीन इस्तेमाल की अन्मति शीघ्र देने की प्रक्रिया में है इससे देश में टीकाकरण की गति और इसका दायरा बधाने में मदद मिलेगी

एम आरएनए टीके स्रक्षित समझे जाते हैं क्योंकि इनसे संक्रमण नहीं फैलता और ये मानक कोशिकीय प्रणाली से नष्ट हो जाते हैं इन्हें बड़े पैमाने पर लंबे समय तक चलने वाले टीकाकरण के लिए किफायती मूल्य पर बनाया जा सकता है म्ख्यमंत्री समीक्षा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मंत्रालय में वीसी के माध्यम से सभी जिलों में कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हए कहा कि कोरोना र नियंत्रण और चिकित्सा स्टाफ की कमी दूर करने के लिए चिकित्सकों पैरा मेडिकल स्टाफ की सेवानिवृत्ति अवधि बढ़ाएं और जो सेवानिवृत हो गए हैं यदि वे चाहें तो उन्हें संविदा प्र रखा जाए सभी अस्पतालों में स्टाफ की प्र्याप्त व्यवस्था हो

उन्होंने कहा कि प्रदेश में लॉक डाउन नहीं कोरोना कर्फ्यू है ऐसी व्यवस्था करें जिससे लोगों का काम धंधा व रोज़ी रोटी चलती रहे

कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने आज क्राइसेस मैनेजमेंट की बैठक के बाद बताया कि लाकडाउन में सभी इमरजेंसी सेवायें प्रतिबंध से मुक्त होंगी

उधर भिंड जन अभियान रिषद कार्यकर्ता ममता शर्मा ने बताया कि कलेक्ट्रेट में शिविर लगाकर लोगों को मास्क लगाने के लिए जागरुक किया जा रहा है बैतूल में लगातार चौथे दिन भी कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा सौ से अधिक है

सांसद सुधीर ग्र्प्ता ने कोरोना टीकाकरण केंद्रों का निरीक्षण किया

सागर जिले में आजीविका मिशन से ज्ड़ी समूह की महिलायें ग्राम संगठन सीएलएफ और सीआर ी के माध्यम से शात्र महिलाओं का टीकाकरण करा रही हैं

प्रदेश भर में नवरात्र का धर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है कोरोना संक्रमण के चलते इस वर्ष भी लोगों ने घरों में ही जवारे रखने के साथ ही नौ दिनों तक देवी की पुजा श्रू की कोरोना संक्रमण के चलते मंदिरों में प्रवेश बंद कर दिया गया है

कोरोना महामारी के दौरान रमजान माह का यह द्वसरा साल है इस साल भी रमजान में गाइडलाइन अन्सार इबादत की जाएगी जबलप्र में म्फ्ती ए आजम मौलाना हजरत मोहम्मद हामिद अहमद सिद्दीकी ने रमजान में शासन के दिशा निर्देशों का सख्ती से शालन करने की अशील की है

वरिष्ठ त्रकार एवं राज्यसभा टीवी नई दिल्ली के र्व कार्यकारी निदेशक राजेश बादल ने वेबिनार में चंद्रशेखर आजाद रघ्नाथ शाह शंकर शाह जैसे कई जाने और अनजाने शहीदों को याद किया और उनकी गाथाएं सुनाई वेबिनार में माधव राव सप्रे स्मृति समाचार श्त्र संग्रहालय एवं शोध संस्थान भो ाल की निदेशक डॉ मंगला अन्जा ने मध्य प्रदेश की महिला स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के योगदान की बात की